निर्वाचन आयोग के निर्देश पर बिहार के मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन कर दिया गया है इसमें सात करोड़ अंठावन लाख एक हजार छह सौ बावन मतदाता हैं पुरूष मतदाताओं की संख्या तीन करोड़ तिहत्तर लाख पांच हजार नौ सौ सत्तर जबकि महिला मतदाताओं की संख्या तीन करोड़ बत्तीस लाख बहत्तर हजार चार सौ बासठ है वहीं ट्रांसजेंडर मतदाताओं की संख्या दो हजार दो सौ बीस है सूची में नाम जुड़वाने हटवाने या सुधार के लिए दावा आपत्ति पन्द्रह जनवरी तक लिये जायेंगे सूची का अंतिम प्रकाशन सात फरवरी को किया जायेगा पटना हाईकोर्ट ने शराबबंदी कानून के तहत जब्त वाहन के मामले के निपटारे के लिए समय सीमा निर्धारित कर दी है

जिलाधिकारी को तीस दिनों के अंदर मामलों की सुनवाई पूरी करनी होगी राज्य में पैक्स चुनाव के पांचवें और अंतिम चरण का मतदान शांतिपूर्ण माहौल में जारी है मतदान अपराहन तीन बजे तक होगा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मतदान की प्रक्रिया दोपहर दो बजे तक समाप्त हो जायेगी पैक्स चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने पटना में एक नियंत्रण कक्ष बनाया है कोई भी प्रत्याशी या मतदाता अपनी शिकायत दूरभाष संख्या शून्य छह एक दो दो दो एक पांच एक एक आठ पर दर्ज करा सकते हैं नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में रविवार को पटना के अशोक राजपथ से करगिल चौक तक हुए उपद्रव और फायरिंग के मामले में पूलिस ने इकहत्तर नामजद और एक हजार अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है गांधी मैदान और पीरबहोर थाने में इस संबंध में दो अलग अलग प्राथमिकियां दर्ज की गयी हैं दोनों थानों की पूलिस ने छह छह नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है जिनसे पूछताछ की जा रही है गृह मंत्रालय ने देश के कुछ भागों में हिंसक घटनाओं और सरकारी सम्पत्ति को नुकसान की खबरों के मद्देनजर राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को परामर्श जारी किया है मंत्रालय ने हिंसा रोकने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और सम्पत्ति के न्कसान को रोकने के लिए सभी पर्याप्त उपाय करने का निर्देश दिया है साथ ही सोशल मीडिया पर फेक न्यूज और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने को भी कहा गया है लोगों से कहा गया है कि वे कानून और व्यवस्था बनाये रखें तथा शान्ति और धैर्य से काम लें लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे अगले सेना प्रमुख होंगे अभी वे उप सेनाध्यक्ष हैं लेफ्टिनेंट जनरल नरवाणे जनरल बिपिन रावत का स्थान लेंगे जो इस महीने की इकतीस तारीख को सेवानिवृत्त हो रहे हैं मुजफ्फरपूर के अहियापूर में पिछले दिनों जिंदा जला दी गयी छात्रा की देर रात पटना में इलाज के दौरान मौत हो गयी पीड़िता का पटना के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था गौरतलब है कि द्रष्कर्म मे विफल रहने के बाद बीते सात दिसम्बर को छात्रा पर केरोसिन डालकर उसे जिंदा जलाने का प्रयास किया गया था जिसमें वह नब्बे प्रतिशत तक जल गयी थी इस मामले में एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था जबकि एक अन्य ने स्थानीय अदालत के समक्ष आत्समर्पण कर दिया था अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग ने राज्य के एससी एसटी थानों में लंबित मामलों के निपटारे में कोताही बरतने के आरोप में चौरानवे पूलिस उपाधीक्षकों के खिलाफ नोटिस जारी किया है इन पुलिस उपाधीक्षकों पर आरोप है कि उन्होंने मामले का प्रतिवेदन समर्पित करने में विलंब किया विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सभी पूलिस पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण की मांग की गयी है जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जायेगी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा में शामिल होने के लिए ऑनलाईन आवेदन की तिथि चौबीस दिसम्बर तक बढ़ा दी है बोर्ड ने पिछले दिनों परीक्षा में बैठने के लिए सभी कोटि के उम्मीदवारों को दस वर्ष उम्र सीमा में छूट दी थी वहीं कम्प्यूटर विषय के आवेदकों को उम्र सीमा में आठ वर्ष की छूट दी गयी है पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने अपनी पुत्रवधु ऐश्वर्या राय के खिलाफ पटना के सचिवालय थाना में जानलेवा हमला करने और केस में फंसाने की धमकी देने की शिकायत दर्ज करायी है राबड़ी देवी ने अपनी बहु पर आरोप लगाया है कि उससे मेरी जान का खतरा है पूर्व मुख्यमंत्री ने ऐश्वर्या राय के द्वारा अपने ऊपर दर्ज प्राथमिकी में लगाये गये सभी आरोपों को भी बेब्रनियाद बताया है मौसम विभाग ने कहा है कि बारिश के बाद अब बादल छंटने से अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट आयेगी अगले दो से तीन दिनों में पारा दो से चार डिग्री सेल्सियस तक और गिरेगा सुबह और रात के समय कोहरा भी घना रहने की संभावना है वहीं दिन में धूप खिलने से लोगों को ठंड से मामूली राहत मिलेगी जेल में प्रवेश के समय अब कैदियों की एचआईवी जांच करवायी जायेगी आईजी जेल मिथिलेश मिश्र ने यह जानकारी देते हुए बताया इसके लिए सभी जेलों में जरूरी किट उपलब्ध करा दिये गये हैं उन्होंने बताया कि कैदियों में एड्स के बढ़ते मामलों को देखते यह फैसला किया गया है उन्होंने बताया कि अभी राज्य के विभिन्न जेलों में नवासी कैदी एड्स से पीड़ित हैं वैशाली जिले के हाजीपुर में पिछले दिनों एक निजी फायनांस कंपनी से पचपन किलो सोना लूट के एक आरोपी ने कल एक स्थानीय अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया मधुबनी मंडल कारा के पूर्व जेल अधीक्षक सिप्रियन टोप्पो पर अनाज आपूर्ति में गड़बड़ी करने और विभागीय नियमों की अनदेखी करने के आरोप में राजनगर थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है खगड़िया जिले के बड़खंडी टोल मटार दियारा में पुलिस ने अवैध मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन कर निर्मित अर्द्वनिर्मित हथियार और शस्त्र बनाने के उपकरणों के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है बेगूसराय जिले के गढ़पुरा थाना क्षेत्र के मालीपुर रानीचक पथ में एक फायनांस कम्पनी के कर्मी से हुई लूट के मामले में पुलिस ने एक महिला समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया है अररिया जिले के फारबिसगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत सुभाष चौक के पास अपराधियों ने एक खाद दुकान पर धावा बोलकर एक लाख रूपये लूट लिये पुलिस ने बताया कि हथियार के बल पर दुकान के कर्मचारियों को बंधक बनाकर घटना को अंजाम दिया गया जमुई जिले की एक त्वरित अदालत ने हत्या के लगभग दस वर्ष पुराने एक मामले में चार दोषियों को आजीवन कारावास और पच्चीस पच्चीस हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनायी है कूच बिहार अंडर नाईनटीन क्रिकेट टूर्नामेंट के तीसरे मैच में बिहार ने जीत हासिल की है पटना के ऊर्जा स्टेडियम में खेले गये तीसरे मैच में बिहार ने नगालैंड को एक पारी और इकतीस रनों के अंतर से पराजित किया इस सीरीज में बिहार की टीम चार मैच खेल चुकी है जिसमें उसे सिक्किम मणिपुर और नगालैंड के खिलाफ जीत हासिल हुई है जबकि चंडीगढ़ से टीम को हार का सामना करना पड़ा है बांका में खेली जा रही सत्तरवीं बिहार राज्य मोइनुलहक फुटबॉल चैम्पियनशिप में पूर्वी चंपारण भागलपुर पटना और जमालपुर रेल की टीमों ने र्क्वाटर फाइनल में जगह बना ली हैं अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां नागरिकता संशोधन कानून को लेकर देश भर में जारी विरोध प्रदर्शन की खबर को सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान की सुर्खी है सड़क पर सियासत और संघर्ष अखबार ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बयान को भी प्रमुखता देते हुए लिखा है भारतीयों को चिंतित होने की जरूरत नहीं दैनिक जागरण लिखता है अश्लील सामग्री परोस रही साइट्स पर रोक को नीतीश ने लिखा पीएम को पत्र दैनिक भास्कर और आज ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के हवाले से लिखा है चार माह में बनेगा राम मंदिर प्रभात खबर ने लिखा है बावन साल तक के अभ्यर्थी बैठ सकेंगे एसटीईटी में राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है उन्नाव रेप कांड में विधायक कुलदीप सिंह सेंगर दोषी करार और अब अंत में मुख्य समाचार बिहार के मतदाता सूची के प्रारूप का हुआ प्रकाशन